उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देष के प्रत्येक नागरिक के जीवन को सरल स्वस्थ सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए काम कर रही है केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से जनसंवाद के लिए एक दिन के दौरे पर आज जयपुर आए श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा गरीब शोषित वंचित दलित पीडित आदिवासी किसान और माता बहिनों को ध्यान में रखकर नीतियां बनायी जा रही हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने गरीबी से लडने के तौर तरीकों को बदला है और गरीब के सषक्तिकरण और विकास में उनकी भागीदारी का रास्ता अपनाया है

साथ ही राज्य सरकारों के साथ संवाद कर यह सुनिष्चित किया जा रहा है कि फसलों की खरीद का प्रभावी प्रबंध हो

प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की राजस्थान की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा

इसी कारण जनता ने कांग्रेस की कार्यपद्वति को नकार दिया है

इन परियोजनाओं में अजमेर के लिए एलिवेटेड रोड भीलवाडा अजमेर बीकानेर हनुमानगढ और माउंट आब के लिए जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं तथा बुंदी अजमेर व बीकानेर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत परियोजनाएं शामिल हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री के समक्ष एक ऑडियो वीडियो प्रजेंटेषन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के अनुभव भी साझा किये

कार्यकम में प्रदेष के सभी जिलों से ढाई लाख से ज्यादा लाभार्थी प्रधानमंत्री को सुनने जयपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में राज्यपाल कल्याण सिंह केंद्रीय सुचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य पी पी चौधरी अर्जन राम मेघवाल सी आर चौधरी गजेन्द्र सिंह शेखावत प्रदेष भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी सहित अनेक सांसद और विधायक मौजूद थे

आकाशवाणी के राजस्थान स्थित सभी केन्द्र इसे रिले करेंगे

मसौदे को अंतिम रूप देने के बाद सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी

श्री किलक ने इस मौके पर कहा कि सहकारी क्षेत्र में विपुल संभावनाएं हैं और सहकारिता वह माध्यम है जिसमें सहयोग की भावना से एक दूसरे का विकास होता है

नागौर जिले के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए चलाए गए प्रवेशोत्सव अभियान से स्कूलों में साढे आठ हजार बच्चों को प्रवेश दिया गया है बांसवाड़ा जिले में ऋण माफी शिविर लगाकर चार गांवों के किसानों को फायदा पहुंचाया गया है ब्रंदी में भी तीन गांवों में लगाए गए शिविरों में किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र दिए गए बांसवाड़ा में महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में आज आंचल मदर मिल्क बैंक का एक दिन का शिविर लगाया गया पाली जिले के सिरयारी में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद की